नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के कैडटों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने कश्मीर को आतंकवाद से मुक्त कराया है बाइट देश आगे बढ़ रहा है और इसलिए वो सर्जिकल स्ट्राइक करता है एयर स्ट्राइक करता है और आतंक के सरपरस्तों को उनके घर में जाकर सबक सिखाता है इसका परिणाम क्या हुआ है वो आप भी देख रहे हैं आज सिर्फ जम्मूद कश्मीर में ही नहीं बल्कि देश के अन्य हिस्सों में भी शांति कायम होती चली जा रही है अलगाववाद आतंकवाद को सिविक करने की दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि कश्मीर समस्या स्वतंत्रता के समय से ही थी लेकिन इसके समाधान का प्रयास नहीं किया गया प्रधानमंत्री ने कहा कि कश्मीर देश का आभूषण है और इसे समस्या मुक्त करना एक जिम्मेदारी थी जिसे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने पूरा किया है प्रधानमंत्री ने युवाओं से आग्रह किया कि परिवर्तन लाने में देरी न करें उसने तय किया है कि बस अब टाला नहीं जाएगा अब टकराया जाएगा

यहीं है युवा सोच यहीं है युवा मन यहीं है युवा भारत अतीत की चुनौतियां वर्तमान की जरूरतों और भविष्य की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमें एक साथ काम करना होगा प्रधानमंत्री ने इस बात को रेखांकित किया कि किस तरह पूर्वोत्तर राज्यों में स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार आया है प्रधानमंत्री ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम मुसलमानों के खिलाफ नहीं है उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हमले होते रहे हैं मासूम हिन्दू लड़कियों का अपहरण कर उनका धर्मान्तरण किया गया है श्री मोदी ने कहा कि पाकिस्तान छद्म युद्ध लड़ रहा है लेकिन भारतीय सेना उसे दस दिन में परास्त कर सकती है

महत्वपूर्ण कदम उठाये जा रहे हैं किसानों के प्रयास और सरकार की पॉलिसी के कॉम्बिनेशन का ही परिणाम है कि अनेक अनाजों और दूसरे खाने के सामान के उत्पादन में भारत दुनिया के टॉप तीन देशों में हैं टॉप थ्री कन्ट्री में हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि केन्द्र ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाये हैं खेती को लाभकारी बनाने के लिए सरकार का फोकस खेत से लेकर फूड प्रोसेसिंग और डिस्ट्रिब्यूशन सेंटर तक एक आधुनिक और व्यापक नेटवर्क खड़ा करने का है आने वाले पांच वर्षो में सिर्फ सिंचाई और खेती से जुड़े दूसरे इन्फ्रास्ट्राक्चर पर हजारों करोड़ रूपये खर्च किये जाने हैं इतना ही नहीं फूड प्रोसेसिंग से जुड़े सेक्टर को प्रमोट करने के लिए केंद्र सरकार ने भी अनेक कदम उठाये हैं श्री मोदी ने कहा कि शत प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की शुरूआत तथा प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना के माध्यम से मूल्य संवर्धन और मूल्य श्रृंखला विकसित करने का प्रयास किया गया है

प्रधानमंत्री ने कहा कि एक समय में भारत में दालों की कमी थी लेकिन किसानों ने हौसला दिखाकर इस मुद्दे का समाधान किया गंगा को अविरल और स्वच्छ बनाने की दिशा में कल शूरू की गई गंगा यात्रा को भारी जनसमर्थन मिल रहा है इस यात्रा की शुरूआत कल बिजनौर और बलिया से की गई

हापुड़ में गंगा यात्रा का भव्य स्वागत किया गया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

रक्षामंत्रो राजनाथ सिंह ने कहा है कि हस्तक्षेप न करने के सिद्धान्त का पालन करते हुए और एक दूसरे की भावनाओं को समझकर ही क्षेत्रीय शांति स्थापित की जा सकती है

इस सम्मेलन का विषय है भारत की नीति पड़ासी पहले क्षेत्रीय अवधारणा श्री राजनाथ सिह ने कहा कि सिर्फ एक देश के व्यवहार के कारण सार्क की पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है रक्षामंत्री ने कहा कि भारत दक्षिण एशिया क्षेत्र में संपर्क सुविधा विकसित करने के लिए प्रमुख भूमिका निभा रहा है और विकास के लिए अपने पड़ोसियों को ऋण सुविधा उपलब्ध करा रहा है रक्षामंत्री ने कहा कि आतंकवादी और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले वित्तीय नेटवर्क को अलग थलग करने की जरूरत है बाइट भारत से श्रीलंका तक आतंकवाद की वजह से मासूम जानें गई हैं हमने अपनी तरफ से हमेशा यह स्पष्ट किया गया है कि बातचीत और आतंक एक साथ नहीं चल सकते और पाकिस्तान को आतंकवादी गुटों के खिलाफ कदम उठाने चाहिए हम सीमापार आतंकवाद को बढ़ावा देने के प्रयास का कड़ा जवाब देने में पूरी तरह सक्षम हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चीन के वुहान में फैले जान लेवा कोरोना वायरस सक्रमण के वैश्विक खतरे का स्तर मध्यम से बढ़ाकर उच्च कर दिया है संगठन की रिपोर्ट के अनुसार इस वायरस से ग्रस्त लोगों की संख्या पिछले रविवार को दो हजार से ज्यादा हो गई थी इनमें से दो हजार के करीब चीन के हैं

इसके साथ ही कोरोना वायरस से संक्रामित लोगों की संख्या चार हजार से अधिक हो गयी है देश में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक विशेष हैल्पलाइन सेवा शुरू की है

इस दिशा में ऐतिहाती कदम बढ़ाते हुए राज्य में प्रत्येक जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में अन्य वार्डों से अलग दस बिस्तरों का वार्ड बनाने का फैसला किया है और विवरण हमारे लखनऊ संवाददाता से मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से हवाई अड्डों पर विशेष सतर्कता बरतने को कहा है जहां से विदेशी यात्री आ रहे हैं उन्होंने जोर दिया कि भारत नेपाल सीमा पर खासतौर से निगाह रखी जाये नेपाल में हाल ही में जानलेवा कोरोना वायरस का एक संदिग्ध मामला सामने आया है राज्य की अपने पड़ोसी देश के साथ एक लंबी खुली सीमा है और दोनों देशों के बीच बड़ी संख्या में लोगों और वाहनों का आवागमन होता है योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से कहा कि वो लोगों को कोरोना वायरस के बारे में जागरुक करें और लगातार सतर्कता बरतें

इन झांकियों में असम की झांको को पहला स्थान मिला जबकि ओडिशा और उत्तर प्रदेश की झांकियां संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहीं मौसम विभाग ने प्रदेश के सहारनपुर शामली मुजफ्फरनगर बागपत गाजियाबाद गौतमबुद्ध नगर बुलन्दशहर अमरोहा हापुड़ मेरठ बिजनौर मुरादाबाद संभल बदायू बरेली पीलीभीत अलीगढ़ मथुरा ललितपुर झांसी प्रयागराज संतरविदास नगर मिर्जापुर सोनभद्र चन्दौली जौनपुर आजमगढ़ मऊ गाजीपुर बलिया देवरिया और गोरखपुर में आज कई स्थानों पर वर्षा तथा बूंदाबांदी की संभावना व्यक्त की है वहीं लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों में आज और कल कई स्थानों पर वर्षा की संभावना जताई है